वे प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह का स्थान लेंगे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी आदेश के मुताबिक श्री मोहन्ती को आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है उधर आज मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो रहे बसन्त प्रताप सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है वे कल एक जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे गौरतलब है कि श्री सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर वे छह वर्ष तक या छियासठ वर्ष की आयु तक बने रहेंगे प्रदेश सरकार ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं कमलनाथ छिंदवाड़ा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि छिंदवाड़ा प्रदेश में विकास का उदाहरण बने इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी श्री नाथ छिंदवाड़ा में आयोजित बैठक में बोल रहे थे उन्होंने बैठक में अधिकारियों से क्षेत्र के विकास को लेकर सुझाव मांगे हैं उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि उन्हें आकड़े नहीं जनता की संतुष्टि चाहिये मुख्यमंत्री बघाई मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के सभी नागरिकों को नए साल की बधाई और श्भकामनाएँ दी हैं उन्होंने सभी के स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जीवन में उत्साह उमंग और समृद्धि की मंगलकामनाएँ की हैं श्री नाथ ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को भी शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि वे अपनी तैयारियां तेज कर दें उन्होने कहा कि ये वक्त छोटी छोटी बातों में उलझ कर समय नष्ट करने का नहीं बल्कि आगे देखने और सुनहरा भविष्य निर्माण करने का है

उप पुलिस महानिरीक्षक धर्मेन्द्र चौधरी के अनुसार आज होने वाले कार्यक्रमों के लिये व्यापक रूपरेखा तैयार की गयी है कल भोपाल रिथित पुलिस कंट्रोल रूम में होटल ढाबा लॉज और गार्डन संचालकों की बैठक ली गयी बैठक में तय किया गया कि नववर्ष के आगमन पर आज सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना क्षेत्रों में आवश्यक इंतजाम किये जाएं पुलिस उपमहानिरीक्षक ने बताया कि लोग हर्षोल्लास के साथ नया साल मनाते हैं इसलिए उनकी सुरक्षा पुलिस का कर्तव्य है पुलिस ने लोगों से शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील की है

जहां शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर कार्यवाही की जायेगी इन्दौर ग्वालियर जबलपुर सहित सभी बड़े शहरों में भी पुलिस ने आज होने वाले नववर्ष के जश्न के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये हैं

इस कार्यक्रम में साल भर की सभी राजनैतिक सांस्कृतिक खेल और समसामयिक गतिविधियों को शामिल किया गया है आकाशवाणी के सभी केन्द्र इस कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे कृषि मंत्री प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते पाला पड़ने से खराब हुई फसलों की खबरों पर राज्य के किसान कल्याण मंत्री सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है एक ट्वीट संदेश में श्री यादव ने बताया कि फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा सरकार देगी सरकार जल्दी ही इस संबंध में सर्वे करायेगी उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये मौसम प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है

उमरिया में कडाके की ठंड के चलते जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है पर्यटन नगरी पचमढ़ी में पारा एक डिग्री तक पहुंचने से सैलानियों में उत्साह देखा जा रहा है वहीं राजगढ़ देवास षाजापुर रतलाम उज्जैन मंडला बालाघाट दमोह और ग्वालियर छतरपुर सिवनी होशंगाबाद में शीतलहर चल रही है

इस दौरान फसलों और पेड़ों पर ओस की बूंदे जमी नजर आई शीतलहर और पाले से दलहन फसल को काफी नुकसान हो रहा है दमोह जिले में भी फसलों पर पाला पड़ने की आशंका जताई जा रही है

नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कई स्थानों पर गेहूं चना अफीम सहित रबी की दूसरी फसलों पर भी पाला गिरा है कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक तौर पर नुकसान को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान छह दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया